प्रधानमंत्री ने भाजपा के स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकीकृत आपदा नियंत्रण केन्द्र का लखनऊ में किया लोकार्पण

उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे राज्य और जिला प्रशासन से संपर्क बनाये रखें और उनकी समस्याओं का समाधान करें तथा जिलास्तर की छोटी योजनाएं बनायें प्रधानमंत्री ने सम्बंधित मंत्रालयों से आग्रह किया कि वे लगातार निगरानी रखें और सुनिश्चित करें कि गरीब कल्याण योजना का लाभ लाभार्थियों तक सुचारू रूप से पहुंच सके श्री मोदी ने मंत्रियों से कहा कि वे आरोग्य सेतु ऐप को ग्रामीण क्षेत्रों और निचले तबकों के बीच लोकप्रिय बनायें उन्होंने किसानों को मंडियों से जोड़ने के लिये ऐप आधारित कैब सेवा की तर्ज पर ट्रक एग्रिगेटर्स जैसे नवीन तरीके के इस्तेमाल की सम्भावना का पता लगाने पर बल दिया उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे लॉकडाउन समाप्त होने के बाद प्रत्येक मंत्रालय के लिये दस प्रमुख निर्णयों और दस प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करें प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों का कल्याण बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार फसल कटाई के मौसम में किसानों की हर संभव मदद करेगी

भारतीय जनता पार्टी के चालीसवें स्थापना दिवस पर कल पार्टी कार्यकर्ताओं को वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया के सामने महामारी से निपटने का नया उदाहरण प्रस्तुत किया है जो भी आवश्यक निर्णय करने की जरूरत पड़ी एक्सपर्ट की मदद से करते रहे एयरपोर्ट पर विदेशों से आने वाले लोगों के थर्मल स्क्रीनिंस्क्रीनिंग हों विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने की बात हो दुनिया के कई देशों से भारत में आने वाले हवाई यातायात को बंद करने का बड़ा कठिन निर्णय हो मेडिकल इंफ्रास्टेक्चर को इस महामारी से निपटने के लिए तैयार करने के लिए प्रयास हों भारत एक के बाद एक प्रोएक्टिव होकर के फैसले करता गया

भारत ने जितनी तेजी से काम किया है होलिस्टिक एपरोच के साथ काम किया है आज उसकी प्रशंसा सिर्फ भारत में ही नहीं वर्लड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच औ ने भी की है श्री मोदी ने कहा कि देश आज कोविड नाइन्टीन को समाप्त करने के मिशन के प्रति एकजुट है यह एक लंबी लड़ाई है लेकिन भारत न थकेगा न हारेगा प्रधानमंत्री ने मौजूदा परिस्थिति से निपटने में परिपक्वता का परिचय देने के लिए देशवासियों की प्रशंसा करते हए कहा कि यह अभूतपूर्व है रविवार रात नौ बजे नौ मिनट के लिए देशभर में बिजली बंद कर दीये जलाने का जिक्र करते हए उन्होंने कहा कि यह पूरे देश की एकज्टता की शक्ति का प्रदर्शन था प्रधानमंत्री ने कहा कि शुरू से ही राष्ट्र प्रथम भारतीय जनता पार्टी का मंत्र रहा है श्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल उपाध्याय और क्शाभाऊ ठाकरे को याद करते हुए कहा कि इन नेताओं ने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किये और अपना जीवन राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित कर देने वाले पार्टी के इन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बहुत कुछ सीखा जा सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद सदस्य वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम उन्नीस सौ चौवन में संशोधन के लिए अध्यादेश को कल मंजूरी दे दी इसके तहत सांसदों का वेतन एक वर्ष के लिए तीस प्रतिशत कम हो जाएगा यह अध्यादेश पहली अप्रैल से प्रभावी हो गया है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संवाददाताओं को बताया कि केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों का वेतन एक वर्ष के लिए तीस प्रतिशत घट जाएगा उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने दो वर्ष के लिए सांसद क्षेत्रीय विकास निधि स्थगित करने का फैसला किया है श्री जावड़ेकर ने कहा कि यह उन्यासी अरब रुपये की राशि कोविड नाइन्टीन से निपटने के लिए भारत की समेकित निधि में जमा कराई जाएगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की स्थिति में कन्ट्रोल रूम राहत कार्यो का बैकबोन होता है इसके अन्तर्गत सभी जिलाधिकारी अपने अपने जनपदों के कन्ट्रोल रूम में एक जिम्मेदार नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर चौबीसों घंटे इसका संचालन सुनिश्चित कराएं श्री योगी ने कहा कि कन्ट्रोल रूम के माध्यम से त्वरित गति से राहत कार्यक्रम संचालित कराए जाएं आम लोगों तक क्वारंटीन वार्ड इन्स्टीटयूशनल क्वारन्टीन आइसोलेशन वार्ड लेवल एक लेवल दो लेवल तीन के कोविड अस्पतालों की जानकारी तथा जरूरतमंदों तक भोजन के पैकेट पहंचाने में कन्ट्रोल रूम का उपयोग किया जाए उन्होंने इस अवसर पर जियो स्पेशल आधारित मोबाइल एप्लिकेशन और कम्युनिटी किचन और शेल्टर होम के लिए जियो पोर्टल का भी लोकार्पण किया

अपर मुख्य सचिव सुचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि प्रदेश के चौबीस मेडिकल कॉलेजों में कोविड नाइन्टीन की जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी श्री अवस्थी ने बताया कि कोरोना संक्रमित लोगों के लिये बनाये गये चार हजार नौ आश्रय गृहों में एक लाख सत्रह हजार से अधिक लोगों को रखा गया है उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर तीन सौ पांच हो गई है इनमें से एक सौ उन्सठ मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं कल सामने आये सत्ताईस नये मामलों में से इक्कीस तबलीगी जमात के हैं उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के तेजी से बढ़ने के कारण पैदा हुई संवेदनशीलता को देखते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को चौदह अप्रैल के बाद समाप्त करने की संभावना के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता उन्होंने कहा कि यदि संक्रमण का एक भी मामला रह जाता है तो लॉकडाउन को समाप्त करना खतरनाक हो सकता है श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ अब तक नौ हजार नौ सौ पचपन मामले दर्ज किये जा चुके हैं श्री अवस्थी ने बताया कि अब तक सैंतीस हजार सात सौ सत्रह आशा बहुओं से सम्पर्क किया जा चुका है जिनको अवगत कराया गया है कि वे अपने कार्य क्षेत्र में भ्रमण करें और बाहर से आये व्यक्तियों या संदिग्ध कोरोना पीड़ितों की जानकारी एकत्र करें उन्होंने बताया कि प्रधानों पार्षदों को फोन करके दूसरे राज्यों और जिलों से वापस आये श्रमिकों को चौदह दिनों तक अपने घर में ही रहने और लॉकडाउन का पालन करने सम्बंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं देश में कोविड नाइन्टीन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने व्यक्तिगत साफ सफाई और समूह में एकत्र न होने का परामर्श जारी किया है साथ ही लोगों को हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचने का परामर्श दिया गया है लोगों से कहा गया है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखें अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचने और अपने हाथों को साबुन और पानी से कम से कम बीस सेकेण्ड तक अच्छे से धोने की भी सलाह दी गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना सम्बंधी जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर एक शून्य सात पांच जारी किया है प्रदेश सरकार ने भी हेल्पलाइन नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य पांच एक चार पांच जारी किया है कानपुर में तबलीगी जमात के कारण कोरोना संक्रमण के मामलों में हुई वृद्वि के चलते जिलाधिकारी ने कानपुर तथा घाटमपुर कस्बे में पूर्णतया लॉकडाउन लागू करने के निर्देश दिए हैं ये निर्देश आज से लागू हो गए हैं जिलाधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी ने कहा कि पूर्ण बन्दी के दौरान सभी दुकाने बंद रहेंगी आवश्यक खाद्य पदार्थो की आपूर्ति लोगों को घरों पर की जाएगी उन्हें बाहर आने की आवश्यकता नहीं है

उन्होंने कहा कि देश इस समय कोरोना महामारी की चुनौती का सामना कर रहा है इस मुश्किल समय में सभी को साथ आना चाहिए वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के आइसोलेसन वार्ड में स्वास्थ्यकर्मियों के साथ अभद्रता करने वाले युवक को जेल भेज दिया गया है यह कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देश पर की गयी